राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के स्वस्थ व सम्मानपूर्वक जीवन के लिए वरिष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र करेगी आरंभ

प्रदेश महिला कांग्रेस ने पैट्रोल व डीज़ल के बढ़ते दामों के विरोध में शिमला में किया प्रदर्शन बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चीन के साथ लगते लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर केन्द्र सरकार को कुछ एहतियाती सुझाव दिए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे एक पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और भारत व चीन के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए इन क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में संचार व्यवस्था व सड़क यातायात सुदृढ़ किया जाना चाहिए बंडारू दत्तात्रेय ने लाहौल स्पीति ज़िले में सैनिकों की तुरंत तैनाती के लिए हवाई पट्टी बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है सीएम बैठक राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के स्वस्थ व सम्मानपूर्वक जीवन के लिए समग्र डे केयर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पायलट आधार पर वरिष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र आरंभ करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में इस संबंध में आयोजित बैठक में कहा कि इन केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच आरोग्य कार्यक्रम और योगा सत्र की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी

इस बीच मुख्यमंत्री ने सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी की इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं और राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा संरक्षण व उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नियमों योजनाओं और नीतियों के लिए सरकार को कानून बनाने की अनुसंशा करना है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल और सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहीं जयराम ठाकुर प्रदेश के पारिस्थितिकी संतुलन में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और राज्य सरकार वनीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रदेश वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव सरक्षंण कानून को सख्ती से लागू कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल एक टूरिस्ट डैस्टिनेशन है और वाईल्ड लाईफ को पर्यटन के साथ जोड़कर इसे और अधिक मज़बूत किया जा सकता है

इस मौके पर वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में ईको पर्यटन की अपार संभवानाएं हैं

इनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली धवारस भटोरी सड़क साईचू चसाक सड़क और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ के अतिरिक्त भवन का निर्माण शामिल है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में सीमित कार्य समय को देखते हुए विभिन्न परियोजनाओं के कार्यो को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों की सभी जायज़ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन भी दिया इस दौरान कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारंकडा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप रोहतांग सुरंग का कार्य समाप्ति पर है और इससे लाहौल स्पीति जिले के लोगों को वर्षमर आवाजाही की सुविधा मिलेगी उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में संचार सेवाओं में भी सुधार किया गया है भरमौर के विधायक जियालाल कपूर ने क्षेत्र में करोड़ों रूपये के विकास कार्यो का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास और किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करना है शिमला ज़िला किसान मोर्चा की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए आज उन्होंने कहा कि किसानों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना फसल बीमा योजना और पशुधन बीमा योजना सहित अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंम की गई हैं सुरेश भारद्वाज ने कोरोना संकटकाल में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व सदस्यों से सेब बागवानों की सुविधा के लिए सुझाव देने का आह्वान किया बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा ज़िले में परागपुर विकास खंड के तहत आने वाली पंचायतों में लंबित विकास कार्यो को जल्द पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ये आज परागपुर में विभिन्न विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे बिक्रम ठाकुर ने कहा कि मनरेगा के तहत विभिन्न कार्यों को शुरू करने की अनुमति दी गई है और निर्धारित मापदंडो के अनुसार पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए

महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस ने अध्यक्ष जैनब चंदेल के नेतृत्व में डीज़ल व पैट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में आज शिमला में प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा इस अवसर पर जैनब चंदेल ने कहा कि देश में पैट्रोल व डीज़ल की कीमतों में प्रति दिन बढ़ौतरी की जा रही है और सरकार लोगों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है उन्होंने कहा कि देश कोरोना महामारी की गंभीर चुनौती से गुजर रहा है और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है जैनब चंदेल ने कहा कि भाजपा नेता अपनी विफलताओं को छ्पाने के लिए कांग्रेस नेताओं पर बेब्नियाद आरोप लगा रहे हैं

प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से वापिस लौटे हैं और इन्हें संस्थागत क्वारंटीन केन्द्रों में रखा गया था

पीएम कल्याण योजना केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों व जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है प्रदेश में भी इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है किन्नौर जिले की महिलाएं योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने पर बेहद खुश हैं